उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के माध्यम ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है

श्री गोयल ने कहा कि इस कदम के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी

उन्होंने बताया कि छह हजार एक सौ सतहत्तर मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है

जिले के उप विकास आयुक्त को लिखे पत्र में सीपी सिंह ने कहा है कि दस लाख रुपये ऑक्सीजन के लिए और दस लाख रुपये रेमडिसिविर सुई खरीदने में खर्च किये जाएँ

जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि यह कंट्रोल रूम आज से परिसदन में चौबीसों घंटे सक्रीय रहेगा

उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के अंतर्गत कार्यों की निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है रांची जिले के उपायुक्त कार्यालय के तीन कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज पूरे परिसर को सेनिटाइज किया गया जिले के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि एहतियात के रूप में उपायुक्त छवि रंजन ने भी अपनी कोरोना जांच कराई है इसके अलावा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कार्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को भी कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं

चतरा जिले के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने आज जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ोतरी को देखते हुए सदर अस्पताल का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में बने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पाइप लाइन इंस्टॉलेशन और पॉलीटेक्निक कॉलेज चतरा में बने कोविड केयर सेंटर का भ्रमण किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए उपायुक्त ने बताया कि महामारी के दौरान अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की जल्द नियुक्ति की जाएगी कोरोना साहिबगंज जिले के एक व्यवासयी ने आज कोविड महामारी के दौरान आम लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन को दस ऑक्सीजन सिलेंडर एक हजार मास्क एक सौ हैंड सेनिटाइजर एक सौ हैंडवास और सौ साबुन सौंपें

राज्य भर में आज उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ महार्यव संपन्न हो गया रांची के अलावा रामगढ़ लोहरदगा गुमला पलामू गढ़वा और गोड़ा समेत विभिन्न जिलों में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास तोड़ा हालाँकि कोरोना महामारी के कारण इस बार तालाबों पर लोगों की बहुत कम भीड़ देखने को मिली अधिकतर लोगों ने अपने घर में ही चैती छठ मनाया सिमडेगा जिले की पुलिस ने आज दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये दोनों तस्कर आन्ध्र प्रदेश के कृण्डली से सिमडेगा जिले के रास्ते गिरिडीह जिले के इसरी जा रहे थे

विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य भर के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है